निर्वाचन वीडियोग्राफी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने की गतिविधि को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीद्वारों एवं उनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वायस एसएमएस को जारी करने से पहले एम सी एम सी समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य कर दिया है वहीं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी की जायेगी वीडियोग्राफी के बाद तैयार सीडी और मैमोरी कार्ड प्रतिदिन के आधार पर सील कर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराया जायेगा और जरूरत होने पर इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध कराया जायेगा भोपाल संभाग मे होने वाली वीडियोग्राफी की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी और कैमरामेन की होगी आजाद हिन्द मोदी आजाद हिन्द सरकार के गठन के पिचहत्तरवें साल पर कल लालकिला परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और स्मारक पद्दिटका का अनावरण करेंगे कार्यक्रम को देखते हुए लालकिला के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है लाल किला कल तक के लिए आम लोगों के लिए बंद रहेगा इस मौके पर केन्द्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के अलावा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के भतीजे चन्द्रकमार बोस इण्डियन नेशनल आर्मी के ललितराम तथा ब्रिगेडियर आर एस चिक्कारा मौजूद रहेंगे

कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाली का आरोप लगाया है श्री नाथ ने विधानसभा चुनाव में चालीस दिन शेष रहने के बीच आज से राज्य सरकार से सवाल पूछना शुरू किया है उन्होंने ट्वीट कर केन्द्र सरकार के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश दूसरा राज्य है जहां के बीस जिलों में स्वास्थ्य सेवाये बदहाल हैं गौरतलब है कि श्री नाथ ने आगामी चालीस दिन तक प्रदेश सरकार से चालीस सवाल पूछने का निर्णय लिया है भाजपा टिकिट केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र सिंह तोमर का कहना है कि विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने के अन्त तक भाजपा उम्मीदवारों के नाम तय हो जायेंगे उन्होंने भोपाल में कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि टिकट देते समय पार्टी सभी वर्गों का ध्यान रखेगी बताया जाता है कि अधिकतर सीटों पर भाजपा ने अपने अंदरूनी सर्वे के बाद उम्मीद्वारों के नाम तय कर लिए हैं फिलहाल इस सूची को केन्द्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया है विमान इंटरनेट नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि केन्द्र सरकार घरेलू उड़ानों में यात्रियों को इण्टरनेट सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है श्री प्रभू ने आज टवीट कर कहा कि सरकार इस दिशा में नियम संबंधी मामलों पर ध्यान दे रही है ताकि यात्रियों को जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के प्रति कटिबद्ध है गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग ने भारतीय वायुक्षेत्र में उड़ान के दौरान डाटा सर्विस देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है

आयोडीन दिवस विश्व आयोडीन दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में भी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इस मौके पर आयोडीन की कमी दूर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जायेगा और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जायेगा कार्यकमों के दौरान लोगों को आयोडीनयुक्त नमक लेने के प्रति जागरुक किया जायेगा

वहीं रेल मंत्रालय का कहना है कि वह इस हादसे की जाँच नहीं करायेगा केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की होती है इससे संबंधित कोई भी निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है मंत्रालय ने रेलगाड़ी के चालक को क्लीनचिट दे दी है और कहा है कि ड्रायवर को घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता श्री सिन्हा ने कहा कि अमृतसर के नजदीक रेललाइन के पास दशहरा कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में रेल प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई थी उधर मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ आज अस्पताल का दौरा किया और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को पॉच लाख और केन्द्र सरकार ने दो लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना में मारे गये लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है राजनीतिक दल प्रचार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने विधानसभा चुनाव के सिलसिले में राष्ट्रीय और मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार का समय तय कर दिया है एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस को दूरदर्शन पर पैतालीस मिनट बहुजन समाज पार्टी को अड़सठ भारतीय जनता पार्टी को दो सौ छह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छियालीस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पैतालीस कांग्रेस को एक सौ पिचहत्तर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छियालीस मिनट का समय प्रचार के लिए दिया गया है इन पार्टियों का आकाशवाणी पर भी चुनाव प्रचार के लिए इतना ही समय दिया गया है चल समारोह भोपाल सहित प्रदेशभर में आज दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है और चल समारोह निकाले जा रहे हैं इसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था को परिवर्तित किया गया है अलग अलग रास्तों से दूर्गा प्रतिमायें भारत टॉकीज चौराहे पर एकत्रित हो रही हैं विसर्जन के लिए प्रतिमाओं को प्रेमपुरा घाट तक लाया जायेगा इस दौरान शहर में सुरक्षा के प्रख्ता इंतजाम किये गये हैं वहीं हमारे जिले के संवाददाताओं ने बताया है कि वहां भी विसर्जन की प्रक्रियायें शांतिपूर्ण चल रही हैं कुश्ती विश्व कृश्ती चैम्पियनशिप आज से हंगरी के ब्रुडापेस्ट में शुरू हो रही है एशियाई खेलों के स्वर्णपदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तीस सदस्यीय भारतीय दल प्रतियोगिता में शिरकत कर रहा है

इसके अलावा महिला पहलवान रितु फोगाट ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक संदीप तोमर और मौसम खत्री भी भाग ले रहे हैं मौसम केन्द्रीय मौसम निदेशालय के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के आज से विदा हो जाने की संभावना है

उन्होंने कहा कि हालांकि देश के कुछ हिस्सों में मानसून बना रहता है